मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राजधानी भोपाल में मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में यह फैसला किया गया नगरीय विकास एवं आवास विभाग की टीओडी नीति के तहत शहरों में सार्वजनिक पनिवहन की व्यवस्था में सुधार और स्मार्ट विकास को बढ़ावा दिया जायेगा राज्य मंत्रिमंडल ने किशोरी बालिका योजना को प्रदेश के सभी जिलों में संचालित करने को भी मंजूरी दी है महिला बाल विकास विभाग की इस योजना के लिये दो सौ नौ करोड़ छयानवे लाख रुपये खर्च किये जायेंगे मंत्रिमंडल ने शिवपूरी जिले की मगरोनी ग्राम पंचायत को नगर परिषद बनाने का फैसला किया है इसे मंजूरी के लिये राज्यपाल को भेजा जायेगा

जनआशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनआशीर्वाद यात्रा कल अनुपपुर और कटनी जिलों में रहेगी मुख्यमंत्री कल सुबह पुष्पराजगढ़ विधानसभा के राजेन्द्र ग्राम पहुंचकर यात्रा की शुरुआत करेंगे दो दिनों की इस यात्रा के दौरान वे शहडोल जिले में भी पहुंचेंगे और कई जन सभाओं को संबोधित करेंगे इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा के चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जनआशीर्वाद की शुरूआत उज्जैन से की थी किसान कल्याण बैठक कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन की अध्यक्षता में कल मध्यप्रदेश सकल अनाज दलहन तिलहन महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की

बैठक में किसान कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव राजेश राजौरा और मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक फैज अहमद किदवई शामिल हुए बैठक में हुई चर्चा के बाद व्यापारी महासंघ ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है बैठक में कृषि उपज मंडी में व्यापार को सरल बनाने के लिये विशेष कमेटी बनाने का सुझाव दिया गया

कर्मचारी अपना जीपीएफ विवरण वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एजीएमपी डॉट सीएजी डॉट जीओवी डॉट आईएन पर देख सकते है डेटा संरक्षण उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है जिसमें डेटा संरक्षण पर न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट उसके विचार के लिए रिकॉर्ड पर लिए जाने की पेशकश की गई है

अमृत योजना की कल हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि मॉनीटरिंग के लिए संचालनालय स्तर पर संभागवार नोडल अधिकारी नियुक्त किये जायें उन्होंने कार्य में ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये

बीयू जांच उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने भोपाल के बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिका घोटाले की जांच विश्वविद्यालय के लोकपाल से कराने के निर्देश दिये है उच्च शिक्षा मंत्री ने उत्तरपुस्तिका घोटाले को लेकर कल विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की श्री पवैया ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि मामले की जांच रिपोर्ट दो सप्ताह में पेश की जाए निलंबन खरगोन जिले के बेड़िया थाना पुलिस की ओर से आरोपियों को हथकड़ी लगाकर घुमाने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने आरोपी दो पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है बेड़िया थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक नरपत सिंह ठाकुर और आरक्षक अनिल मेडा को निलंबित कर दिया है पुलिस अधीक्षक मामले की जांच के आदेश दिये है भ्रष्टाचार टीकमगढ जिले के निवाडी की अदालत के आदेश पर भ्रष्टाचार के मामले में पृथ्वीपुर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ सहित पांच लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है निवाड़ी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्टाप डेम निर्माण में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में पृथ्वीपुर जनपद पंचायत कार्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ अखिलेश उपाध्याय अतिरिक्त सीईओ किशोरी लाल वर्मा और सहायक लेखाधिकारी राजीव पटैरिया समेत दो अन्य के खिलाफ पुलिस ने एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया था

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कल मैदान का निरीक्षण किया

मौसम मौसम विभाग ने प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बताई है रीवा सागर ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है मौसम केन्द्र के अनुसार मौसम का मिजाज दो दिनों तक ऐसा ही बना रह सकता है

इनमें से दो गंभीर रूप से घायल छात्रों को बिलासपुर रेफर किया गया

इसलिए इसमें पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए भिंड कलेक्टर ने चरथर और पुरा शासकीय शाला का औचक निरीक्षण किया

संघ ने लोगो को हो रही परेशानी के लिए खेद प्रकट किया गया